देश के दस करोड़ परिवारों को मिलेगा सुगम और सुलभ स्वास्थ्य सेवा का लाभ

राष्ट्र आज बहत्तरवां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अब से थोड़ी देर पहले ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर पर राष्ट्र ध्वज फहराया और इक्कीस तोपों की सलामी ली ध्वजारोहण के समय राष्ट्रीय नौसेना के बैंड ने राष्ट्रीय धुन बजाया इस अवसर पर देशवासियों को संबोधित करते हुये प्रधानमंत्री ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर अगले महीने की पच्चीस तारीख से सरकारी व्यय पर विश्व का सबसे बड़ा स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान शुरू किया जायेगा श्री मोदी ने कहा कि गरीबों को अच्छी गुणवत्ता की सुलभ स्वास्थ्य देखभाल सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत के तहत सरकार की स्वास्थ्य देखभाल पहल का पचास करोड़ भारतीयों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा श्री मोदी ने कहा कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार ने गरीब और वंचितों को पांच लाख रूपये का स्वास्थ्य देखभाल बीमा उपलब्ध कराने का फैसला किया है भविष्य में इसका दायरा बढ़ाकर निम्न मध्यवर्ग को भी इसमें शामिल किया जायेगा श्री मोदी ने कहा कि यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि देश का निर्धन वर्ग गरीबी के चंगुल से मुक्त हो सके जिसके कारण वे स्वास्थ्य देखभाल से वंचित रह जाते हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार तीन तलाक की कुप्रथा समाप्त करने की कोशिश कर रही है लेकिन कुछ लोग इसे खत्म होने नहीं देना चाहते उन्होंने कहा कि तलाक ए बिद्दत यानी तीन तलाक से मुस्लिम महिलाओं के साथ घोर अन्याय हुआ है और वे सुनिश्चित करेंगे कि मुस्लिम महिलाओं को न्याय मिले प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार भ्रष्ट लोगों और कालाधन रखने वालों को नहीं छोड़ेगी क्योंकि उन्होंने देश को बरबाद किया है उन्होंने कहा कि अब दिल्ली के गलियारे सत्ता के दलालों से मुक्त हो चुके हैं सत्ता के दलालों की जगह गरीबों की आवाज सुनी जा रही है प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्र की प्रगति में देश के ईमानदार करदाता की प्रमुख भूमिका है यह उन्हीं का योगदान है कि इतने लोगों को भोजन मिल पा रहा है और गरीबों की जिंदगी में बदलाव लाया जा रहा है प्रधानमंत्री ने कहा कि नये भारत में भाई भतीजावाद के लिए कोई जगह नहीं है उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र ने पर्यावरण संबंधी स्वीकृति पारदर्शी तरीके से देना सुनिश्चित किया है श्री मोदी ने घोषणा की कि सेना में अल्पकालिक सेवा की महिला अधिकारियों को पुरुष सैन्य अधिकारियों की तरह स्थायी कमीशन के अवसर दिए जाएंगे महिला सुरक्षा के मुद्दे पर श्री मोदी ने कहा कि समाज और देश को दुष्कर्म की कुत्सित मानसिकता से मुक्त किए जाने की आवश्यकता है मध्य प्रदेश में हाल ही में एक दुष्कर्मी को त्वरित अदालत से फांसी के फंदे पर लटकाये जाने की खबर का प्रचार करने और लोगों को जागरूक बनाने की अपील करते हुए कहा कि कानून का शासन सबसे ऊपर है और इसे कोई अपने हाथों में नहीं ले सकता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में झंडोत्तोलन किया और परेड की सलामी ली इस अवसर पर राज्य वासियों को संबोधित करते हुये उन्होंने कहा कि प्रदेश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिये अजीविका के विस्तार पर ध्यान दिया जा रहा है उन्होंने कहा कि सरकार ने कृषि क्षेत्र के विकास पर विशेष ध्यान देते हुये फसल सहायता योजना की शुरूआत की है श्री कुमार ने कहा कि खेती के लिये प्रयोग के तौर पर इनपुट अनुदान की व्यवस्था शुरू की गयी है यदि यह सफल रहा तो आगे पूरे राज्य में लागू किया जायेगा उन्होंने कहा कि प्रदेश में सब्जियों की खेती को बढ़ावा देने के लिये विशेष उपाय किय जा रहे हैं स्वाधीनता दिवस के अवसर पर प्रमुख संस्थानों में भी ध्वजारोहण किया गया राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने राजभवन में झंडोतोलन किया विधानसभा परिसर में सभाध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने ध्वजारोहन किया वहीं विधान परिषद के सभापति हारूण रशीद ने परिषद में झंडोतोलन किया पटना उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश मुकेश आर शाह ने तिरंगा फहराया भाजपा जदयू राजद समेत अन्य पार्टियों के कार्यालय में भी झंडोतोलन किया गया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि समाज में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है श्री कोविंद ने बहत्तरवें स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम सम्बोधन में गांधी के अहिंसा के सिद्धांतों को उपयोगी और प्रासंगिक बताते हुए देशवासियों से उनके सुझाये गये रास्ते पर चलने और उनके विचारों को आत्मसात करने की अपील की उन्होंने स्वाधीनता सेनानियों के सपनों का भारत बनाने के लिए लोगों को गरीबी एवं असमानता से मुक्ति दिलाने और विकास के नये अवसर उपलब्ध कराने के साथ ही महिलाओं की आजादी को व्यापक बनाने और उनके लिये सुरक्षित वातावरण तैयार करने तथा युवाओं की प्रतिभाओं को उभारने का आह्वान किया इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रदेश के चौदह पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार उल्लेखनीय सेवा के लिए पटना में पदस्थापित दारोगा बीएन मिश्रा को राष्ट्रपति पुलिस पदक प्रदान किया गया है वहीं मुजफ्फरपुर रेल एसपी संजय कुमार सिंह और आर्थिक अपराध इकाई में पदस्थापित एडिशनल एसपी सुशील कुमार समेत बारह पुलिस कर्मियों को पुलिस मेडल के लिये चुना गया इसके अलावा बहादुरी के लिए पुलिस पदक सब इंस्पेक्टर विनय कुमार शर्मा को प्रदान किया गया है भागलपुर जिले में समाज कल्याण विभाग के बालिकागृह की दो लड़कियों की तबियत बिगड़ जाने के बाद उन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है सिविल सर्जन डॉ विजय कुमार ने बताया कि दोनों लडकियों में से एक की स्थिति गंभीर बनी हुई है इस बीच बाल संरक्षण इकाई की सहायक निदेशक प्रभारी अर्चना कुमारी ने बताया कि बालिका गृह की लड़कियों के स्वास्थ्य की जांच के दौरान कई लड़कियों की तबियत ठीक नहीं रहने और उन्हें मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखे जाने की बात सामने आई है और इस दिशा में संबंधित एनजीओ की उदासीनता और लापरवाही से समाज कल्याण विभाग के वरीय अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है वैशाली जिले के जंदाहा प्रखण्ड प्रमुख मनीष सहनी हत्या कांड मामले में महनार के विधायक उमेश कुशवाहा और पूर्व प्रमुख जयशंकर चौधरी समेत ग्यारह लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है स्वर्गीय सहनी के बड़े भाई ओम प्रकाश सहनी ने जंदाहा थाने में आवेदन देकर विधायक पूर्व प्रमुख समेत दो पूर्व मुखियाओं पर हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया है इस बीच एडीजी मुख्यालय एस के सिंघल ने बताया कि इस हत्या कांड की निष्पक्ष जांच के लिये मुजफ्फरपुर जोनल आईजी ने एसआईटी का गठन किया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कम बारिश होने से उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर कृषि विभाग के प्रधान सचिव को हवाई सर्वेक्षण के जरिये राज्य में धान रोपाई का वास्तविक आंकलन करने का निर्देश दिया है श्री कुमार ने पटना में सामान्य से कम बारिश के कारण उत्पन्न स्थिति और बाढ़ पूर्व तैयारी की समीक्षा बैठक में कहा कि कृषि विभाग के अधिकारी गांवों में जायें और किसानों को उनके हित में समुचित सलाह दें दक्षिण पश्चिम मानसून के सक्रिय रहने के कारण राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज भी हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है जिससे गंगा के तटीय क्षेत्र और उत्तर पूर्वी बिहार के अधिकांश स्थानों पर बारिश हो सकती है नेपाल के तराई क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण प्रदेश की अधिकांश नदियां उफान पर हैं कोसी बागमती गंडक लालबकैया नदियों के जलस्तर में भारी उफान से तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की परेशानी बढ़ गयी है कोसी बराज से ढाई लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़े जाने से सुपौल जिले में नदी के पूर्वी और पश्चिमी तटबंध के बीच स्थित गढ़गांव बासीपट्टी भरगामा और बथुआ पंचायत के दर्जनों गांवों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है मधुबनी जिले में मधेपुर में भी गोबरगढ़ा समेत दर्जनों गांव में बाढ़ का पानी फैल गया है इधर पश्चिमी चंपारण जिले के वाल्मीकिनगर बराज से गंडक नदी में डेढ़ लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़े जाने से जलस्तर में भारी वृद्धि हुयी है वहीं बागमती गंगा कमला बलान और लालबकैया नदियों के जलस्तर में भी भारी वृद्धि दर्ज की गयी है रेलवे की नई समय सारिणी मध्य रात्रि से लागू हो गई है इसके अंतर्गत दौ सौ से अधिक गाड़ियों का समय बदला गया है इसके अलावा बाईस ट्रेनों के टर्मिनल स्टेशन बदले गए हैं इसमें देश की पहली लंबी दूरी की सेमी हाईस्पीड ट्रेन की शुरूआत के साथ ही डायनेमिक किराए वाली प्रीमियम ट्रेनों के सफर का समय तीस से पचास मिनट तक कम हुआ है मेल एक्सप्रेस ट्रेनों की आधिकारिक रफ्तार कम रखी जाएगी ताकि देरी होने के बावजूद समय पालन में रिकार्ड ठीक रखा जा सके रेलवे ने कम दूरी की पैसेंजर ट्रेनों की जगह डीएमयू और ईएमयू ट्रेनों को चलाने का भी फैसला किया है सारण पुलिस ने छपरा कचहरी स्टेशन के पूर्वी ढाला के निकट छापेमारी कर तीन सौ उन्नीस बोतल विदेशी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है वहीं उत्पाद विभाग की टीम ने पश्चिम चंपारण जिले के नगर थाना क्षेत्र में बसवरिया पीपल चौक के निकट छापेमारी कर बीस कार्टन विदेशी शराब बरामद किया है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के तत्वावधान में सत्र दो हजार अठारह उन्नीस के घरेलू क्रिकेट के लिये बिहार क्रिकेट एसोसिऐशन ने उनचास पंजीकृत खिलाड़ियों की सूची जारी की है इस सूची में पटना से बाईस भागलपुर बेगूसराय अरवल भोजपुर से तीन तीन कैमूर मुजफ्फरपुर से दो दो और अन्य जिलों से एक एक खिलाड़ी शामिल किये गये हैं प्रदेश के कुमार विजय को अठारह अगस्त से इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित हो रहे एशियाई खेलों मे भाग ले रही भारतीय कबड्डी टीम का मैनेजर नियुक्त किया गया है श्री विजय बिहार राज्य कबड्डी संघ के सचिव हैं राज्य के सर्वेश तिवारी को सर्वसम्मति से इंडो व्हीलचेयर क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है गया पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुये दो कुख्यात समेत चार अपराधियों को गिरफ्तार किया है वरीय पुलिस अधीक्षक राजीव मिश्रा ने बताया कि इन अपराधियों के खिलाफ लूट हत्या डकैती के कई मामले दर्ज है भागलपुर जिले में कहलगांव थाना क्षेत्र के नदिया टोला इलाके पुलिस ने एक सेवानिवृत्त शिक्षक के मकान पर छापेमारी कर मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है छापेमारी के दौरान हथियार और इसको बनाने के समान के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है और अब अंत में मुख्य समाचार राष्ट्र मना रहा है बहत्तरवां स्वतंत्रता दिवस

देश के दस करोड़ परिवारों को मिलेगा सुगम और सुलभ स्वास्थ्य सेवा का लाभ